प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरदार बल्लममाई पटेल की दूरदर्शिता संवेदनशीलता और राजनीतिक कौशल के कारण ही देश एक सूत्र में बंघा है कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र इस महीने की इक्कतीस तारीख को सरदार पटेल की जयंती के अक्सर पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करेगा और उसी दिन स्टेव्यू ऑफ यूनिटी भी राष्ट्र को समर्पित किया जायेगा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 ये विश्व की सबसे ऊंची गगनवुम्बी प्रतिमा है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 श्री मोदी ने हाल ही में सम्पन्न हुए पैरा एशियाई खेलों और ग्रीष्मकालीन युवा ओलम्पिक खेलों में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का भी जिक्र किया श्री मोदी ने कहा कि पैरा टीम की दृढ इच्छा शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का उनका जज्बा सभी देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है प्र्यानमंत्री ने कहा कि युवा खिलाड़ियों की लगन और समर्पण न्यू इंडिया की पहचान है श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले साल सत्रह वर्ष से कम आयु के युवाओं की फीफा विश्व कप प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया था और इस वर्ष हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है श्री मोदी ने लोगों से भुवनेश्वर में जाकर प्रतियोगिता देखने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्यन करने को कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा घर्म है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 प्रधानमंत्री ने सामाजिक गतिविधियों के लिए आईटी कंपनियों के कर्मवारियों को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में नये अवसर देने के लिए हाल ही में गुरू की गयी सेल्फ फोर सोसायटी का उल्लेख किया उन्हॉने कहा कि उनका उत्साह और लगन देख कर प्रत्येक भारतीय को गर्व महसूस होगा उन्होंने कहा कि मैं नहीं हम की यह भावना लोगों को निश्वित रूप से प्रेरित करती रहेगी प्रवानमंत्री ने कहा कि आज समुवा विश्व और विशेष रूप से पश्चिमी देश पर्यावरण संरक्षण की चर्चा कर रहे हैं और संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए नए नए रास्ते तलाशने की कोशिश में लगे हैं वैसे आज हमारा भारतवर्ष भी इस समस्या से अछ्रता नहीं है लेकिन इसके हत के लिए हमें बस अपने भीतर झाँकना है अपने समृद्ध इतिहास परंपराओं को देखना है और खासकर अपने जनजातीय समृदायों की जीवनशैली को समझना है प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर के रहना हमारे आदिवासी समुदायों की संस्कृति में शामिल रहा है हमारे आदिवासी भाई बहन पेड़ पोर्चों और फूलों की पूजा देवी देवताओं की तरह करते हैं प्रधानमंत्री ने पंजाब के किसान गुरूबचन सिंह का उल्लेख भी किया जिन्होंने अपने बेटे की शादी के दौरान क्यू के पिता से वचन लिया कि वे खेतों में पराली नहीं जलाएंगे कल्लर माजरा इसलिए चर्चित हुआ है क्योंकि वहाँ के लोग धान की पराली जलाने की बजाय उसे जोतकर उसी मिट्टी में मिला देते हैं उसके लिए जो जमबीदवसवहल उपयोग में लानी होती हैं वो जरूर लाते हैं आप सब स्वस्थ जीवनशैली की भारतीय विरासत को एक सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं जिस तरह द्रेद द्रेद से सागर बनता है उसी तरह छोटी छोटी जागरुक और सक्रियता और सकारात्मक कार्य हमेशा सकारात्मक माहौल बनाने में बहुत बढ़ी भूमिका अदा करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भी विश्व शांति की चर्चा होगी भारत का नाम और योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित दिखेगा श्री मोदी ने कहा कि सौ साल पहले ग्यारह नवम्बर को समाप्त हुए प्रथम विश्व युद्व के दौरान भारतीय सैनिकों ने बहुत बड़ी भूमिका निमाई थी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 प्रघानमंत्री ने सतत खाद्य प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिष्ठित फ्यूवर पॉलिसी गोल्ड पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सिक्किम को बयाई दी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

उच्चतम न्यायालय आज से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो हजार दस के उस फैसले को चुनौती देने वाली उन अनेक याचिकाओं की सुनवाई शुरू करेगा जिनमें अयोध्या मंदिर मस्जिद मामले से संबंधित विवादित स्थल को तीन पक्षों में बांट दिया गया था प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यामूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ इस संबंध में दायर अनेक अपीलों की सुनवाई करेगी पिछले तीन दिनों से लखनऊ के गन्ना अनुसंघान संस्थान में चल रहे कृषि कृंम दो हजार अट्ठारह का कल समापन हो गया इस कृषि समागम का शुभारंभ विगत शुक्रवार को प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो काफेंसिंग के माध्यम से किया था समापन कार्यक्रम को सम्बोधित कस्ते हए राज्यपाल रामनाईक ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकारे भिलकर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में जिस तरह से काम कर रही हैं उसके सार्थक परिणाम निकलेंगे आज तकनीक के बल पर हम खाद्यान का निर्यात कर रहे हैं श्री नाईक ने कहा कि इस कृषि कुंम से बढ़ी संख्या में किसानों को लाम मिलेगा

इस कृषि मेले में कृषि से संबंधित विमिन्न विभागों और कृषि यंत्र बनाने वाली विमिन्न कंपनियों सहित अन्य कई तरह के तीन सौ पचास से अधिक स्टॉल लगे थे किसानों की आय वर्ष दो हजार बाइस तक दो गूनी करने के विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों पर यहां विचार विमर्श किया गया तीन दिनों तक चले मेले में चौदह सत्रों के दौरान देश भर से एक लाख से अधिक किसानों वैज्ञानिकों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया समागम में इजराइल और जापान की विशेष कृषि तकनीकि हासिल करने पर राज्य के साथ समझौता हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित होने से बड़े पैमाने पर निवेश आया है और उससे दस लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा श्री योगी कल लखनऊ में अव्य शिल्प ग्राम में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत चिकन तथा जरदोजी पर एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से एक लाख पैंसठ हजार लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है